कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सूरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मूंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद प्रदान की गई उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से द्रनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को आज संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हआ है उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेनदेन सम्भव हए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने का आहवान किया उन्होंने फाइव जी प्रणाली को समयबदध तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादन से ज्ड़ी प्रोत्साहन योजना से द्रसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षो में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है

वन विभाग और राजस्व विभाग ने इस पर काम श्रू कर दिया है आने वाले दिनों में न सिर्फ इनके प्रमाणिक दस्तावेज बनेंगे बल्कि ये दोनों विभाग धरातल पर जीआई टैग के साथ ही इनका सत्यापन भी करेंगे प्रम्ख वन संरक्षक रंजना काला ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर विभाग की ओर से इस पर कार्य चल रहा है योजना का उद्देश्य स्नियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से जलीय भूमि का डेटा तैयार करना है अधिकारियों को जलीय भूमि को चिंहित करने के निर्देश दिये गए हैं

आपको बता दें कि जलमग्न भूमि या आर्द्र भूमि अत्यधिक नमी वाली भूमि हैं योजना के तहत प्रदेश के सभी जलीय भूमि का सत्यापन धरातल पर किया जाएगा विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर भू आलेखों की पड़ताल करके रिकार्ड तैयार करेंगे

कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित किया गया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाने की लम्बे समय से मांग की जा रही थी उसी रिपोर्ट के आधार पर यह कानून बनाये गये हैं जो किसानों के व्यापक हित में हैं इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गये हैं पहले केवल मण्डी ही खरीदारी करती थी लेकिन अब उसके लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त करने के सम्बन्ध में किसानों में भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है जबकि एमएसपी समाप्त नहीं की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दवारा गन्ना किसानों को सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार ह्आ है कि नये पेराई सत्र से पहले गन्ना किसानो को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है मुख्यमंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाया कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के हितों की संरक्षक है और उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है

कोर्ट ने पांचों चुनाव याचिकाओं को वेरिफाइएड नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया है

बस अडडा और पार्किंग सहकारिता और प्रोटोकॉल राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को श्रीनगर में बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण कार्य श्रू करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने देहरादून में श्रीनगर में बस अड्डा पार्किंग और चौबट्टा और पैठाणी में टैक्सी स्टैण्ड और पार्किंग के निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक ली राज्यमंत्री ने कहा कि तीनों स्थानों पर एक महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू किया जाय उन्होंने कहा कि विकास संबंधित योजनाओं के क्रियान्वायन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी बैठक में आवास सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि श्रीनगर में प्राने बस अड्डे की भूमि पर आध्निक बस अड़डा और पार्किंग का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए विभाग के पास धनराशि भी उपलब्ध है इसके अलावा पैठाणी और चौबट्टा में टैक्सी स्टैण्डपार्किंग निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही है डीपीआर स्वीकृत होते ही कार्यदायी संस्था एचएससीएल को निर्माण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे भारत बंद असर विपक्षी दलों और किसान संगठनों के भारत बंद के आहवान का प्रदेश में असर देखने को नहीं मिला सभी जिलों में सरकारी कार्यालय पेट्रोल पंप और बाजार खुले रहे सामान्य गतिविधियां चलती रहीं राजधानी देहराद्न में बंद का कोई असर नहीं रहा प्लिस ने जबरन द्कानें बंद करवा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया हरिद्वार जिले में अधिकांश बाजार ख्ले रहे व्यापारिक संगठनों ने किसान आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया लेकिन कल ही बाजारों को खोलने का निर्णय लिया गया था जिले के मंगलौर और रुइकी में कृषि कानून को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया बंद का टिहरी जिले में कोई असर नहीं दिखा जिलेभर में सभी जगह बाजार खुले रहे यातायात भी सामान्य रूप से चलता रहा किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने धरना दिया पौड़ी चमोली रुद्रप्रयाग जिलों में भी बंद बेअसर रहा क्माऊं मंडल के बागेश्वर अल्मोड़ा चंपावत नैनीताल में भी बाजार बैंक और पेट्रोल पंप खुले रहे हालांकि विपक्षी दलों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया ईको हट चम्पावत जिला पंचायत जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए ईको हट्स का निर्माण कर रहा है

जिला पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि चम्पावत लोहाघाट धनाघाट और देवीध्रा के बंगलों को स्वामी विवेकानंद ट्रेल के रूप मे विकसित किया जाने की योजना है यहां बनने वाले हट्स प्री फैब्रिकेटेड होंगी इसका उददेश्य पर्यटकों को जिले में आकर्षित करके स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है

हूनेट टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों अधिकारी आइसोलेशन में चले गए हैं जिले के प्रभारी सीएमओ डा वीके सक्सेना ने दोनों अधिकारियों के कोरोना पाजिटिव आने की पृष्टि की है कल ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला म्ख्यालय में एक बैठक हई थी अब स्वास्थ्य विभाग दोनों अधिकारियों के संपर्क में आए लोगों की तलाश कर रहा है जिलाधिकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं